पिछले चौबीस घंटों में दो सौ नवासी मरीज हुए स्वस्थ

प्रदेश में आज कोरोना के छियासठ नये मामले दर्ज किये गये हैं इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर छह हजार तीन सौ पचपन हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आज शिवहर में सबसे अधिक चौदह मामले दर्ज किये गये हैं वहीं सीतामढ़ी में बारह सारण में ग्यारह बांका बक्सर और वैशाली में चार चार भागलपुर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में तीन तीन मुजफ्फरपुर और मुंगेर में दो दो तथा भोजपुर नवादा मधुबनी और पटना में एक एक मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया है कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर तिरसठ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में दो सौ नवासी मरीजों के स्वस्थ होने के साथ राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तीन हजार नौ सौ पचहत्तर हो गई है दो हजार तीन सौ तैंतीस मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है वहीं इस महामारी से अब तक छत्तीस लोगों की मौत हुई है उन्होंने बताया कि अब तक एक लाख तेईस हजार से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है श्री सिंह ने बताया कि दूसरे राज्यों से लौटे पांच हजार पांच सौ से अधिक लोग संक्रमित पाये गये हैं देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर आज पचास प्रतिशत से अधिक हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर अब पचास दशमलव पांच नौ प्रतिशत हो गई है अब तक कुल एक लाख बासठ हजार तीन सौ उनासी लोग ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान आठ हजार उनचास लोग स्वस्थ हुए हैं देश में कुल एक लाख उनचास हजार तीन सौ अडतालीस लोगों का इलाज कराया जा रहा है इधर पिछले चौबीस घंटे के दौरान ग्यारह हजार नौ सौ उनतीस नये मामले सामने आये हैं इससे कुल संक्रमित लोगों की संख्या तीन लाख बीस हजार से अधिक हो गई है देश में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद एक दिन में सामने आने वाले मामलों की यह सर्वाधिक संख्या है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अधिकारी ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में एक लाख इकयावन हजार चार सौ बत्तीस नमूनों की जांच की गई अब तक छप्पन लाख अंठावन हजार छह सौ चौदह नमूनों की जांच की जा चुकी है परिषद जांच की सुविधा लगातार बढा रही है इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाओं को अनुमति दी जा रही है अब तक देश में कुल आठ सौ तिरानवे प्रयोगशालाओं को इसकी इजाजत दी जा चुकी है इनमें छह सौ छियालीस सरकारी और दो सौ सैंतालीस निजी क्षेत्र की प्रयोगशालायें हैं ग्रहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत कोरोना महामारी से कड़ा संघर्ष कर रहा है और सरकार को उन लोगों से बड़ी हमदर्दी है जिन्होंने इस महामारी से अपने प्रियजनों को खोया है श्री शाह ने कहा कि कोरोना से मृत्यू का शिकार हुए लोगों के अंतिम संस्कार के लिए नये दिशा निर्देश बनाए गये हैं इससे उन्हें अंतिम संस्कार के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी होगी गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कारगर तरीके से महामारी से निपटने का प्रयास कर रहा है और कई स्वैच्छिक संगठन भी अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्होंने बताया कि सरकार ने एनसीसी एनएसएस स्काउट्स तथा गाइड्स जैसे संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों की भी बीमारी से निपटने में मदद लेने का फैसला किया है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने कहा है कि कोविड उन्नीस महामारी से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है लेकिन केंद्र सरकार के प्रयासों से स्थिति कई विकासशील देशों से बेहतर है एक वर्च्अल रैली को संबोधित करते हये श्रीमती इरानी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं के लिये विशेष सहायता उपलब्ध करायी गयी है

बैंक चलकर जनधन योजना का खाता खुलवाने गरीब के घर तक पहुंचा और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मातुवंदना योजना के चलते सगर्मा माताओं को अब तक पांच हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की सुविधा कैश ट्रांसफर करके उनके बैंक के खाते में पहंचाई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड उन्नीस के उपचार के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि दवा रेमडेसिविर कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी टूसिलूजिमाब तथा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कोविड के मरीजों की स्थिति देखकर ही किया जाना चाहिए मंत्रालय ने सलाह दी है कि रेमडेसिविर उन रोगियों को दी जा सकती है जो संक्रमण के मध्यम स्तर में हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं कन्वालेसेंट प्लाज्मा उन मरीजों को दिया जाना चाहिए जो ऑक्सीजन पर हैं और स्टेरॉयड के इस्तेमाल के बावजूद उनकी ऑक्सीजन की जरूरत लगातार बढ़ रही है वहीं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल संक्रमण की शुरूआत में किया जाना चाहिए और यह गंभीर रूप से पीडित मरीजों को नहीं दी जानी चाहिए प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी कामगारों के लिए विभिन्न जिलों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर कल से बंद हो जायेंगे राज्य के सभी प्रखंडों में पंद्रह हजार से अधिक क्वारंटाइन सेंटर खोले गये थे जिनमें पंद्रह लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को रखा गया आपदा प्रबंधन विभाग ने इन सेंटरों के कल से बंद होने का आदेश जारी कर दिया है स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि क्वारंटाइन सेंटर बंद हो जाने के बाद जो प्रवासी बिहार आयेंगे उन्हें होम क्वारंटाइन में ही रखा जायेगा प्रदेश में आज चार राज्यों से आठ हजार से अधिक प्रवासी मजदूर राज्य के विभिन्न जिलों में पहुंचे हैं कल चार राज्यों से चौदह हजार आठ सौ पचास प्रवासी कामगार विशेष श्रमिक ट्रेनों से पहुंचेंगे सूचना और जन संपर्क सचिव अनुपम कुमार ने बताया है कि अब तक इक्कीस लाख उन्नीस हजार से अधिक प्रवासी मजदूर देश के विभिन्न भागों से बिहार लौटे हैं प्रदेश में एक जून से अनलॉक के प्रथम चरण के तहत नियमों के उल्लंघन के मामले में अब तक उनतालीस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है उन्नीस प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं अब तक बारह हजार अट्ठाईस वाहन जब्त किये गये हैं इसके साथ ही तीन करोड़ ग्यारह लाख रुपये से अधिक की राशि जूर्माने के रूप में वसूली जा चुकी है जाने माने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आज कथित रूप से आत्महत्या कर ली बताया जाता है कि उन्होंने मुंबई में अपने बांद्रा स्थित आवास में फांसी लगा ली वे चौंतीस वर्ष के थे इस खबर से बॉलीवुड जगत में शोक की लहर दौड़ गई है बिहार निवासी सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरूआत टीवी धारावाहिकों से की उनकी पहली फिल्म दो हजार तेरह में काई पो चे आई थी जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दो हजार चौदह में उन्होंने एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की शीर्ष भूमिका निभाई जिसके लिए उन्हें पहली बार श्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर अवार्ड दिया गया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि चौंतीस वर्षीय अभिनेता के मनोरंजन की द्रनिया में उदय ने बहत लोगों को प्रेरित किया उनका अभिनय लम्बे समय तक याद रहेगा श्री मोदी ने कहा कि उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर गहरा शोक और दुख व्यक्त किया है एक ट्वीट में इन्होंने शोक संतप्त परिवार और मित्रों के प्रति संवेदना व्यक्त की है राज्यपाल फागू चौहान मूख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मूख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी चर्चित अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा कि बिहार निवासी अभिनेता ने अपने अभिनय से फिल्म जगत में बड़ी पहचान बनायी थी वे दर्शकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे मूख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों को दुःख की इस घड़ी में शक्ति प्रदान करने की भगवान से प्रार्थना की है रक्षामंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने कई क्रांतिकारी निर्णय लिये हैं और जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को निरस्त करने का फैसला भी इन्हीं में से एक है उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बल आतंकवादियों को माकूल जवाब दे रहे हैं साउंड बाईट हमारे सेना के जवान हमारे अर्धसैनिक बल हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस और इंटेलिजेंस के म्युचुअल कार्डिनेशन उनकी शरारत का मुंहतोड़ जवाब जम्मू कश्मीर की धरती पर दिया जा रहा है रक्षामंत्री ने कहा कि कोविड उन्नीस के प्रकोप की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में सराहना हो रही है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना आपदा को एक चुनौती के रूप में लिया है और इससे निपटने के लिए कई बड़े तथा महत्वपूर्ण फैसले किये हैं श्री सिंह ने कहा कि कोविड उन्नीस के प्रकोप का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है लेकिन प्रधानमंत्री ने इससे निपटने के लिए देशवासियों के लिए बीस लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एनडीए सरकार ने दो हजार चौदह से दो हजार उन्नीस तक जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का आवंटन किया है जम्मू जनसंवाद रैली को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर का इतना जबरदस्त विकास करेगी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भारत का हिस्सा बनने की मांग करने लगेंगे साउंड बाईट आगामी पांच वर्षों में हम लोगों की कोशिश है जम्मू कश्मीर की तस्वीर इतनी बदल जाएगी कि पीओके के लोग भी आपसे रश्क करेंगे कि काश हम भी इस वक्त भारत में होते तो हमारे दिन भी बदल जाते कोविड उन्नीस महामारी से निपटने में विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह अत्यंत उपयोगी है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉ उमा कुमार ने लोगों को उचित सामाजिक दूरी का पालन करने हाथों की स्वच्छता और खांसते छींकते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है

सोशल या फिजिकल डिस्टॅसिंग मेन्टेन करना कफ एटिकेट्स खांसने या छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो हैं समझना और उसको फॉलो करना पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड उन्नीस मामलों में भारत दुनिया के अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है

दूसरे देशों के मुकाबले में आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट का मुकाबला देने में केन्द्र सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रहा सख्त लॉकडाउन लागू करने का दावा करने वाला संदेश असत्य और भ्रामक है पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं चल रहा है पीआईबी ने लोगों से ऐसी गलत अफवाहों से बचने का आग्रह किया है दक्षिण पश्चिम माॉनसून बिहार में प्रवेश कर गया है भागलपुर पूर्णिया और कटिहार जिलों में मॉनसून की पहली बारिश हुई पिछले एक दशक की तुलना में इस वर्ष राज्य में मॉनसून जल्दी पहुंचा है आज प्रदेश के सीमांचल में कई स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गयी है मौसम विभाग ने अगले अडतालीस घंटों के दौरान पटना सुपौल अररिया मधेप्रा और सहरसा समेत प्रे राज्य में मॉनसून की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत डाकघरों में खाता खोलने के मामले में रोहतास डाक प्रमंडल ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है रोहतास के डाक अधीक्षक वी एस पाठक ने बताया कि प्रमंडल में अब तक दस हजार से अधिक अकाउंट खोले गये हैं वैशाली नालंदा और गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर दो हजार लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ छह तस्करों को गिरफ्तार किया है इधर पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया थाना क्षेत्र के चैलाहा में जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत हो गयी मुजफ्फरपुर जिले में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लघु जल संसाधन विभाग की ओर से छब्बीस तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है बेगूसराय में जदयू के वरिष्ठ नेता और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शंकर सिंह की आज उनके पैत्रक गांव बीहट में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया

पिछले चौबीस घंटों में दो सौ नवासी मरीज हुए स्वस्थ